राष्ट्रपति भवन से जारी विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने लोकपाल संस्थान के अध्यक्ष के साथ अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति की है लोकपाल संस्था में चार न्यायिक और चार अन्य सदस्य होंगे पूर्व मुख्य न्यायाधीश दिलीप बी भोसलें प्रदीप कुमार मोहंती और अभिलाषा कुमारी तथा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी को न्यायिक सदस्य नियुक्त किया गया है अन्य सदस्य है सशस्त्र सीमा बल की पहली महिला पूर्व महानिदेशक अर्चना रामसुंदरम महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन भारतीय राजस्व सेवा के पूर्व अधिकारी महेंद्र सिंह और पूर्व आईएएस अधिकारी इंद्रजीत प्रसाद गौतम छियासठ वर्ष के न्यायमूर्ति घोष मई दो हजार में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद से सेवा निवृत्त हुए थे वे उनतीस जून दो हजार सत्रह से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम में केंद्र में एक लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान है इसे लोकसेवकों की विभिन्न श्रेणियों में न्रष्टाचार के मामलों की निगरानी का अधिकार दिया गया है यह अधिनियम दो हजार तेरह में पारित किया गया था केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि अरुणाचल प्रदेश उनकी पार्टी के चालीस साल के लंबे कुशासन के कारण देश का सबसे पिछड़ा राज्य बन गया है राहुल गांधी ने कहा था कि केवल कांग्रेस पार्टी ही अरुणाचल प्रदेश में विकास कर सकती है श्री रिजिजू ने राहुल गांधी से सवाल किया कि अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस द्वारा चालीस सालों के शासन के दौरान राज्य क्यों सड़क संपर्क दूरसंचार हवाई रेलवे स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक क्षेत्र के संबंध में भारत से सबसे पिछड़ा राज्य बना हुआ है ईटानगर में कल एक रैली को संबोधित करते हुए श्री गांधी द्वारा कही गई बात कि यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो वह राज्य को विशेष दर्जा तथा विशेष योजना सहायता बहाल करेगी के बाद श्री रिजिज् की यह टिप्पणी आई केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कुशासन के कारण ही प्रदेश के लोग लंबे समय तक पीड़ित रहे उन्होंने कहा कि दो हजार चौदह में एन डी ए सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही अरुणाचल में विकास प्रक्रिया चली है निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से सेना की गतिविधियों को राजनीतिक प्रचार में शामिल नहीं करने को कहा है आयोग ने इस सिलसिले में राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को परामर्श जारी किया है परामर्श में कहा गया है कि राजनीतिक दलों को सलाह दी जाती है कि उनके प्रचारको और उम्मीदवारों को ऐसे कार्यों से दूर रहना चाहिए निर्वाचन आयोग ने अपने पहले के परामर्श का भी हवाला दिया जिसमें उसने राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों और नेताओं को अपने चुनाव प्रचार के हिस्से के रुप में रक्षाकर्मियों की तस्वीरों और उनसे जुड़े कार्यों की तस्वीरों को अपने चुनाव में विज्ञापन के रुप में इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी थी नामसाई जिला चुनाव खर्च पर्यवेक्षक शशांक यादव ने आगामी लोकसभा और विधान सभा चूनाव के लिए खर्च से संबंधित गतिविधियों का जायजा लिया जिला उपायुक्त सम्मेलन हॉल में आयोजित बैठक में पर्यवेक्षक ने निर्वाचन अधिकारी सहायक निर्वाचक अधिकारी वीडियों निगरानी दल स्टेटिक निगरानी दल प्लाईंग स्कवाड क्षेत्र अधिकारी और लेखांकन दल के प्रदर्शन की समीक्षा की चुनाव खर्च निगरानी पर पावर पोईंट प्रस्तुत करते हुए श्री यादव ने सभी दलों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर जोर दिया और पारदर्शी एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करने की सलाह दी निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्लाईंग स्क्वाड और स्टेटिक निगरानी दल ने पिछले कुछ दिनो में राज्य के विभिन्न इलाकों से लगभग अड़तीस लाख रुपए जब्त किए है इसी के साथ राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से लगभग अड़सठ लाख रुपए जब्त हो चुके है एस एस टी ने कल लोंगडिंग जिले में तिस्सा में जांच के दौरान एक कार से चौतीस लाख रुपए जब्त किए वही लेपा राडा जिले के डारी में जांच के दौरान तीन लाख रुपए जब्त किए प्लाईंग स्क्वाड और स्टेटिक दल ने बासर और तिरबिन क्षेत्र के कई इलाकों से अवैध ड्रग्स शराब और करीब बारह दाव भी अपने जब्त किए प्रधानमंत्री मात्र वंदना योजना के तहत सुपोषित जननी विकसित धरिणी के अंदर पापुम पारे जिले के जिला प्रकोष्ठ यूपीया ने ईटानगर नगरीय आई सी डी एस परियोजना के साथ मिलकर कल एक मिनी मैराथन का आयोजन किया मैराथन रेस में कुल पच्चीस महिला एवं किशोरियों ने सशक्त महिला सशक्त भारत संदेश के साथ भाग लिया मैराथन रेस का मुख्य उद्देश्य जीवन में माताओं की भूमिका के संदर्भ में उनकी शारिरीक एवं मानसिक विकास करनी थी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 आज का अधिकतम तापमान अटठाईस डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान पंद्रह दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जबकि पिछले चौबीस घंटों के दौरान छह मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई